इस मौके राज्यस्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित हुआ जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस होमगार्ड एनसीसी एनएसएस और स्काउट्स व गाईड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्चपास्ट का निरीक्षण किया व सलामी ली

आचार्य देवव्रत ने कहा कि यहां के ईमानदार और विकासशील लोगों ने प्रदेश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है जो अन्य के लिए उदाहरण है

मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के सपने देखने वालों के साथ खड़ी है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्यानों पर राहुल गांधी की चुप्पी और पाकिस्तान मीडिया में उनकी तारीफे इस बात का सबूत है जयराम ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जम्मू कश्मीर में अलग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त करने की वकालत कर रही है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को देशद्रोहियों से बचाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं

अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपने प्रचार अभियान के तहत आज ऊना में अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने राफेल मामले पर उच्चतम न्यायालय के ब्यान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देश को गुमराह करने पर राहुल गांधी पर अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है अनुराग ठाक्र ने कहा कि इस निर्णय से एक बार फिर राहुल गांधी का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ है उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी ने न्यायालयों के तत्थों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है अनुराग ठाक्र ने कहा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झूठ बोलकर जनभावनाओं से खिलवाड़ किया है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए

कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा अपने ही विकास में लगी रही और जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इंदु पटियाल ने कहा कि भाजपा महंगाई पर अंकुश लगाने और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में विफल रही है उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का वायदा किया गया था लेकिन किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम भी नहीं मिल पा रहा है इंदु पटियाल ने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर पर काम कर रही है और और लोगों को पार्टी की योजनाओं के बारे अवगत कराया जा रहा है डीसी ऊना लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विज्ञापनों का प्रसारण करने से पहले मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति एमसीएमसी से अनुमति लेना आवश्यक है ऊना के जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने बताया है कि समिति की अनुमति के बिना चुनाव से जुड़े किसी भी संदेश व विज्ञापन के प्रसारण को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस या वाईस मैसिज की भी निगरानी की जाती है राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इस बार चुनाव में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी चुनाव आयोग ने दिशानिर्देश दिए है डीसी कुल्लू कुल्लू शहर के अखाड़ा बाजार से लेफ्ट बैंक को जोड़ने वाले वैली पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है जिससे स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को सुविधा होगी उपायुक्त युनूस ने कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फिलहाल इस पुल पर एक तरफा यातायात की सुविधा मिलेगी और जरूरत के अनुसार यातायात में परिवर्तन किया जाएगा उन्होंने कहा कि सभी सड़कों पर निर्माण व सुधार कार्य जारी है ताकि पर्यटन सीजन के लिए सड़कों को पूरी तरह दुरुस्त किया जा सके उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अभियंताओं और अधिकारियों को सभी राजमार्ग जल्द ठीक करने के निर्देश भी दिए मौसम राज्य के अधिकांश भागों में इन दिनों तेज ध्रप निकलने से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है